मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अनुशासन से ही रोकी जा सकती है अराजकता केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा इस वर्ष मनरेगा पर खर्च किए जायेंगे छः खरब रूपये

बुलंदशहर जिले के स्याना इलाके हुई हिंसा के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस घटना में एक प्लिस इंसर्पेक्टर और गांव का एक व्यक्ति मारा गया था लखनऊ में कानून व्यवस्था के अपर महानिदेशक आनंद कुमार ने बताया पुलिस ने दर्ज कराया है मुकदमा वहां के चौकी इंचार्ज ने दर्ज कराया है

मुख्य आरोपी योगेश राज अमी फरार है उसको पकड़ने के लिए कार्रवाई जारी है स्याना थाने में सत्ताईस लोगों और पचास से साठ अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है खुफिया विमाग के अपर महानिदेशक एस वी शिरोडकर ने आज स्याना का दौरा किया इलाके में स्थिति नियंत्रण में है बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बुलंदशहर की घटना के सम्बन्ध में मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक प्रमुख सविव गृह अपर पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस के साथ बैठक की मुख्यमंत्री ने इस घटना की समीक्षा कर निर्देश दिए कि इसकी गंभीरता से जाँच कर गोकशी में संलिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए उन्होंने कहा कि घटना एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है अतः गोकशी से संबंध रखने वाले प्रत्यव्व व अप्रत्यव्व समी तत्वों को समयबद्द रूप से गिरफ्तार किया जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मारे गए इंसपेक्टर के परिवार को पवास लाख रूपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की मुख्यमंत्री ने मृतक सुमित के परिजनों को भी मुख्यमंत्री राहत कोष से दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की उल्लेखनीय है कि उन्नीस मार्च दो हजार सत्रह से अवैध स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री ने इस घटना के क्रम में समी जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिए हैं कि जिलास्तर पर ऐसे अवैध कार्य किसी भी दशा में न हों यह उनकी सामूहिक जिम्मेदारी होगी मुख्यमंत्री ने मुख्य सविव तथा पूलिस महानिदेशक को इस आदेश का अनुपालन जिले स्तर पर सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने युवाओं को नसीहत दी है कि वह महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व व कृतित्व से प्रेरणा लेकर देश के लिए बड़ी क्र्बानी को तैयार हों उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बनी देने की प्रेरणा देता है डॉ रमन सिंह कल गोरखपुर में महाराणा प्रताप इंटर कालेज परिसर में आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उदघाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन के दौरान अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्थापक समारोह मनाने और इसके तहत शोमा यात्रा निकालने का एक बड़ा उद्देश्य विद्यार्थियों को अन्शासन का महत्व बताना है साथ ही इसकी वर्तमान स्थिति का मुल्यांकन करना है उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता की स्थिति अराजकता की वजह बनती है और अराजकता किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं श्री योगी ने कहा कि जीवन में अगर प्रगति करनी है तो अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के उद्घाटन समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत करते हए प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण मंत्री चेतन चौहान ने विद्यार्थियों से कहा कि वह पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी ध्यान दें केन्द्रीय क्तिमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि एनडीए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संसाधन मुहैया कराये हैं जिससे बुनियादी ढांचे और लोगों के जीवन की गृणक्ता में सुधार आया है अपने फेसबुक पोस्ट में श्री जेटली ने लिखा है कि निवेश में वार्षिक वृद्धि के साथ अगर इस स्तर का निवेश ग्रमीण क्षेत्रों में अगले दो दशको तक जारी रहता है तो वहां भी शहरों जैसे जीवन सुविधाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो जाएगा श्री जेटली ने कहा कि दो हजार चौदह में सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार र्ने गावों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए बहकोणीय रणनीति तैयार की है ताकि गांवों में निवेश की मात्रा बढ़े और भारतीय किसान आत्मनिर्भर बन सकें श्री जेटली ने कहा कि खेती की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि के लिए सरकार ने पशु पालन डेरी और मछली पालन पर अपना व्यय पहले ही बढ़ा दिया है सबसे गरीब लोगों की मदद के लिए मनरेगा के तहत इस वर्ष छह खख रुपये खर्च किए जाएंगे प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सुर्य प्रकाश ने कहा है कि समाज के वंचित वर्गों के विचारों और अपेक्षाओं को स्वर देने के लिए प्रत्येक टेलीविजन चैनल को लोक सेवा प्रसारक के रूप में काम करना चाहिए कल नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह में श्री प्रकाश ने कहा कि प्रत्येक टेलीविजन चैनल को अपने प्रसारण समय का एक भाग समाज के वंचित वर्गों को लाम पहुंचाने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्धारित रखना चाहिए महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार की उपलधियों को जन जन तक पहंचाने के लिये कमल संदेश पद यात्राएं निकाली जा रही है यात्राओं का क्रम पन्द्रह दिसम्बर तक जारी रहेगा कल मेरठ के सिवाल खास विधानसभा में केन्द्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने स्थानीय विधायक जितेन्द्र सतवाई के साथ क्षेत्र में घूम कर लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की किसान कल्याण योजना कर्ज माफी सौभाग्य योजना उज्ज्वला योजना स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला है उन्होंने लोगों से आगे बढ़कर योजनाओं का लाभ लेने का अनुरोध किया लखनऊ में कल से आठ दिसम्बर तक खादी महोत्सव का आयोजन किया जायेगा प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री सत्यदेव पचौरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केन्द्रीय सूक्ष्म लघू एवं मध्यम उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान खादी के प्रचार प्रसार और ब्रांडिंग को लेकर कई आयोजन किये जायेंगे इसके अलावा एक फैशन पत्रिका के सहयोग से खादी फैशन शो भी आयोजित किया जायेगा जिसमें कई नामी गिरामी मॅडल हिस्सा लेंगे खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सविव नवनीत सहगल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि इस दौरान प्रदेश में निर्मित खादी की राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग के उददेश्य से यूपी खादी ब्रांड का लोगो भी जारी किया जायेगा उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सोलर चर्खो और दोना पत्तल बनाने वाली मशीनों का मी वितरण किया जायेगा तथा खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार पर चर्चा होगी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एल पी जी पर दी जाने वाली सबसिडी सीघे उपमोक्ताओं के खाते में अंतरण की व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इसमें बदलाव किए जाने की खबरें निरावार हैं